केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से सहकारी बैंकों के कामकाज में और अधिक जवाबदेही व पारदर्शिता आएगी उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को सामान्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह ही अब नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन को जनकल्याण की दिशा में अच्छी पहल बताया है राजधानी शिमला के टुटीकंडी में आज हैल्पलाईन कार्यालय के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि काफी कम समय में ये सुविधा जन समस्याओं के निवारण में कारगर सिद्ध हुई है राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद ही शिकायत को बंद किया जाता है उन्होंने इस हैल्पलाईन को और प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव भी दिए सहजल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में इस वर्ष पांच सौ किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले में कसौली क्षेत्र के कोटबेजा में एक सड़क के विस्तार कार्य के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों तक बेहतर सड़क सुविधा पहुंचाने को कृतसंकल्प है और इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाभदायक सिद्ध हो रही है कोरोना वायरस कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग इन दिनों अनेक कार्यक्रम चला रहा है विभाग ने किन्नौर के रिकांगपिओ पूह सांगला भावा नगर में शिविर आयोजित कर चिकित्सकों और पैरामैडिकल स्टॉफ को जागरूक किया सोलन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने लोगों से इस वायरस से भयभीत न होने का आहवान किया

सूरजकंड हरियाणा के सूरजकुंड में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी साधना ठाकुर ने आज सूरजकुंड मेले का दौरा किया और कहा कि इस मेले में शिल्पकारों व कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतर अवसर मिलता है उन्होंने मेला परिसर में विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया

पहली उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर जबकि दूसरी भुंतर बारिंग भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी रोजगार मेला राज्य श्रम व रोजगार विभाग ने कांगड़ा जिले के रैहन में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया

रोजगार मेले के दौरान पूर्व सांसद कृपाल परमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार प्राप्ति के लिए तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास भत्ता योजना भी चलाई गई है समिति प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति इन दिनों कर्नाटक के अध्ययन प्रवास पर है समिति के सदस्यों ने आज राज्य के कुर्ग जिले के पर्यटन व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान सदस्यों ने वन व पर्यटन क्षेत्र में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी हासिल की

इस उपलब्धि से उन्होंने हिमाचल सहित देश का नाम विश्व में रोशन किया है किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने स्वर्ण पदक जीतने पर दीपिका नेगी को बधाई दी है उन्होंने कहा कि जिले में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे